और प्रदेश से अगले अड़तालीस घंटे में मॉनसून के लौटने की संभावना

पटना मुख्यालय के एडीजी जीतेन्द्र कुमार ने कहा कि इस मामले में कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिलने के बाद पर्यवेक्षण रिपोर्ट जारी कर मूजफ्फरपूर के वरिष्ठ पूलिस अधीक्षक ने केस को बंद करने का निर्देश दिया है उन्होंने कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के सुपरविजन में मामले को गलत पाये जाने के बाद फाइनल रिपोर्ट जारी किया गया है एडीजी ने कहा कि गलत मामला दर्ज कराने के आरोप में आवेदक पर भी कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है श्री कुमार ने कहा कि एक स्थानीय अधिवक्ता ने पिछले सत्ताईस जुलाई को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में परिवाद दायर किया था जिस पर सुनवाई के बाद सदर थाना अध्यक्ष को मामला दर्ज कर जांच के आदेश दिये गये थे केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान निधि सम्मान योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को प्रतिवर्ष छह हजार रूपए जारी करने के लिए आधार से जुड़े डाटा की अनिवार्यता में छूट की समय सीमा अगले महीने तक बढाने को मंजूरी दे दी है इस फैसले के बारे में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि बाईट जावड़ेकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि उसमें एक दिक्कत आ रही थी कि सभी जगह आधार सीडिंग कम्पलीट होने को समय लग रहा था

लेकिन तब तक राशि रुकेगी नहीं

उसमें लगभग आधे सात करोड़ के लगभग किसानों को पैसे जा चुके हैं श्री जावडेकर ने कहा कि मंत्रिमंडल ने रेडियो और टेलीविजन के क्षेत्र में भारत तथा विदेशी प्रसारकों के बीच समझौता ज्ञापनों को मंजूरी दी है इससे दूरदर्शन के दर्शकों और आकाशवाणी के श्रोताओं को विभिन्न कार्यक्रमों को देखने सुनने का अवसर मिलेगा जीवन बीमा निगम एलआईसी ने सोशल मीडिया के दावो का खंडन करते हुए अपने पॉलिसी धारकों को उनका धन सुरक्षित होने का भरोसा दिलाया है एलआईसी के भारी घाटे में चलने की खबरों के बाद यह स्पष्टीकरण आया है एलआईसी ने एक बयान में कहा कि ये खबरें गलत और बेब्रनियाद हैं तथा निगम की छवि बिगाड़ने और निवेशकों में भय पैदा करने के उद्देश्य से फैलायी जा रही हैं निवेशकों को आश्वस्त करते हुए निगम ने कहा कि उसकी वित्तीय स्थिति मजबूत है निगम ने निवेशको से कहा कि वे सभी भ्रामक खबरों को नजरअंदाज करें राज्य में लगभग तैंतीस लाख लोगों को जल्द ही आवास मुहैया कराया जायेगा ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि गृहविहीन लोगों के नाम पहले सामाजिक आर्थिक जनगणना में शामिल कराया जायेगा श्री कुमार ने कहा कि आवासविहीन लोगों की सूची केन्द्र सरकार को आवास एप्प प्लस पर भेज दी गयी है उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर ग्रामीण आवास सहायकों को आवास दिवस का आयोजन करने को कहा गया है इस दौरान आवास प्राप्त लोगों के नाम को सार्वजनिक किया जायेगा बिना प्रवेश परीक्षा दिये बीएड कॉलेजों में नामांकन कराये लगभग सात सौ छब्बीस छात्रों का निबंधन रद्द कर दिया गया है पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी ने बताया कि विश्वविद्यालय के बावन बीएड कॉलेजों में जांच के दौरान इन छात्रों के बारे में जानकारी मिली थी सूजन घोटाला मामले में सीबीआई ने सूजन की संचालिका रही मनोरमा देवी के पुत्र और बहु पर फरार होने का इश्तेहार उनके आवास पर चिपकाया है पुलिस ने बताया कि मकान में रहने वाले किरायेदारों को दो हफ्ते के अंदर मकान खाली करने का निर्देश दिया गया है उच्चतम न्यायालय ने दारोगा भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा में सफल तिहत्तर महिला आवेदकों की शारीरिक दक्षता परीक्षा लेने का निर्देश बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को दिया है न्यायालय ने वर्ष दो हजार अठारह में दारोगा भर्ती प्रक्रिया के दौरान जो अभ्यर्थी गर्भवती होने के कारण परीक्षा से वंचित हो गयी थीं उनके सफल होने पर उम्मीदवारों की मेधा सूची में नाम अंकित कर नियुक्ति करने का आदेश दिया है दारोगा भर्ती परीक्षा में साढ़े छह मिनट में एक मील की दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थी ही सफल माने जायेंगे बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने कहा है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थी ही मेधा सूची में शामिल होंगे राज्य में जंगलों की सुरक्षा करने के लिए महिला पुलिस वनकर्मियों को तैनात किया जायेगा वन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि पहले चरण में तीन सौ पन्द्रह महिलाओं का चयन किया जायेगा इसके लिए सोलह से अठारह अक्टूबर तक शारीरिक जांच परीक्षा पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में ली जायेगी जिसमें चार घंटे में चौदह किलोमीटर की दौड़ महिला अभ्यर्थियों को लगानी होगी राज्य से मॉनसून की वापसी अगले अड़तालीस घंटों के अंदर हो जायेगी मौसम विज्ञान केन्द्र पटना ने बताया कि इसके बाद मौसम शुष्क हो जायेगा तापमान के सामान्य स्तर पर रहने से लोगों को उमस से राहत मिलेगी दिन में ध्रप में गर्मी होगी लेकिन रात की हवा में नमी बढ़ने के कारण सर्दी का अहसास होगा मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि मॉनसून का समय समाप्त हो रहा है लेकिन आज पटना और गया में बादल छाये रहेंगे जबकि भागलपुर और पूर्णिया के क्छ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है वर्ष दो हजार बीस में हज के लिए ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है हज कमिटी के अध्यक्ष मोहम्मद इलियास हुसैन ने बताया कि दस नवम्बर तक आवेदन किये जा सकेंगे पटना जंक्शन पर रेल यात्रियों को दीपावली के अवसर पर दिये मिलेंगे स्टेशन अधीक्षक ने बताया कि दीये की खरीददारी दीपावली की पूर्व संध्या तक की जा सकेगी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर की सेंटअप परीक्षा की तिथि अठारह से छब्बीस अक्टूबर तक निर्धारित की है राज्य के विश्वविद्यालयों में स्थापित डिजिटल लाईब्रेरी की जांच की जायेगी राजभवन ने महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में डिजिटलीकरण किये जाने की रिपोर्ट मांगी है गया रेलवे स्टेशन पर रेल थाना के पास एक वाहन ने दस लोगों को रौंद दिया जिसमें दो लोगों की मौत हो गयी जबकि आठ बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी नेट के लिए ऑनलाईन आवेदन की तिथि पन्द्रह अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी है सीवान जिले के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव में करंट लगने से दो लोगों की मौत हो गयी जबकि छह लोग झुलस गये वहीं मधुबनी जिले में करंट लग जाने से नालंदा के रहने वाले दो लोगों की मौत हो गयी लखीसराय जिले में एसटीएफ ने नक्सली अरविंद यादव के तीन सहयोगियों को गिरफ्तार किया है जिससे पूछताछ की जा रही है दरभंगा जिले में सौर ऊर्जा उत्पादन प्लांट की स्थापना की जायेगी जिससे डेढ़ से दो मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा दरभंगा जिले में यह प्लांट लगभग चार हेक्टेयर वाले एक तालाब में स्थापित किया जायेगा पटना जिला माउंटेन साईकिलिंग प्रतियोगिता के यूथ वर्ग में आयूष जॉन चैम्पियन बने हैं जबकि सब जूनियर वर्ग में पीयूष कुमार ने पहला स्थान प्राप्त किया वहीं जूनियर आयु वर्ग में जोहेब फतह ने खिताब पर कब्जा जमाया इधर छत्तीसगढ़ के भिलाई में पन्द्रह से उन्नीस अक्टूबर तक होने वाली उनतालीसवीं सब जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता का प्रशिक्षण शिविर बेगूसराय में शुरू हो गया है संघ के सचिव गौरी शंकर ने बताया कि यह शिविर चार दिनों तक चलेगा आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान ने लिखा है पटना में डेंगू और डायरिया का कहर दैनिक जागरण की सुर्खी है दिवाली से पहले केन्द्रीय कर्मियों और पेंशनरों को पांच प्रतिशत डीए का तोहफा दैनिक भास्कर ने सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय पर खबर बनाते हुए लिखा है गर्भवती होने से चूकीं दारोगा अभ्यर्थियों को एक माह में फिजिकल लें प्रभात खबर का शीर्षक है मुख्यमंत्री ने दिये निर्देश राज्य में डेंगू से बचाव और इलाज के हों पूख्ता इंतजाम अखबार आज ने दो नावों की टक्कर में तीन डूबे को बड़ी खबर बनाया है

और प्रदेश से अगले अड़तालीस घंटे में मॉनसून के लौटने की संभावना